आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें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

ज्रेडा में पदस्थापित रहे इन अधिकारियों के खिलाफ पद का द्रुपयोग केर भ्रष्टाचार करने का आरोप है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन अधिकारियों के खिलाफ लगे आरोपी की प्रारंभिक जांच कर प्रतिवेदन सौंप चुकी है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ऊर्जा विभाग के द्वारा इस मामले को लेकर गठित समिति के प्रतिवेदन में दिए गए तथ्यों की भी जांच करेगी इस मामले में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को प्रारंभिक जांच के लिए प्राधिकृत किया गया था एसीबी ने लगाये गये सभी आरोपों की प्रारंभिक जांच कर तथ्यों के साथ अबतक उपलब्ध साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर इन अधिकारियों के विरुद्व विस्तृत अनुसंधान के लिए कांड अंकित करने की अनुशंसा की थी

बिहार के डेहरी आन सोन में अपनी पहली चुनाव सभा में उन्होंने कहा कि बिहार को ऐसे लोगों को भूलना नहीं चाहिए जो राज्य को पीछे की ओर ले गए जब राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी और भ्रष्टाचार चरम पर था उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार जरूरी है

श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष नई कृषि नीति पर लोगों को भ्रमित कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल बहाने हैं और विपक्ष दलाल और मध्यस्थों को बचाना चाहता है प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करते हए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतत्व में काम करते हुए उन्होंने बिहार के विकास के लिए काम किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि दोबारा अवसर मिलने पर उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सिंचाई की सुविधा और आध्निकतम प्रौद्योगिकी सभी गांवों तक पहुंचे

बिहार में नवादा जिले के हिसुआ में अपना चुनाव अभियान शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने किसानों के साथ धोखो किया है उन्होंने कहा कि कृषि से संबंधित नए कानून किसान विरोधी हैं और ये प्रंजीपतियों के हित में किसानों के अधिकारों को छीनने की साजिश है

उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार द्वारा की गई नोट बंदी से आम आदमी को बहत धक्का लगा और छोटे व्यापारियों ने बैंकों में अपनी बचत पर नुकसान उठाया श्री गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि केंद्र सरकार देश की सम्प्रभुता को सुरक्षित रखने में असफल रही क्योंकि चीन ने हमारी कुछ भूमि पर कब्जा कर लिया है

देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी काफी बढ़ी है

सक्रिय मामलों और ठीक हुए मामलों के बीच अंतर भी लगातार बढ़ रहा है ठीक हुए मामले सक्रिय मामलों से लगभग दस गुणा ज्यादा हैं

कोरोना से ठीक होने वालों की दर नवासी प्रतिशत से अधिक हो गई है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी के मिलेजुले प्रयासों से मृत्यु दर भी कम होकर लगभग डेढ़ प्रतिशत रह गई है

इस टीके को भारत बायोटेक कम्पनी ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया है टीके के परीक्षण का यह अंतिम चरण अगले महीने के पहले सप्ताह में शुरू होगा

कोवैक्सीन के अलावा जाइडस कैडिला लिमिटेड द्वारा स्वदेश में ही तैयार किए गए एक और टीके का परीक्षण दूसरे चरण में है

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के साथ ही आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम तथा न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित होगा मन की बात कार्यक्रम को आकाशवाणी द्ररदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सुचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी इस कार्यक्रम को हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा जिसे रात आठ बजे क्षेत्रीय भाषाओं में फिर से सुना जा सकता है

यह कार्यक्रम आज रात साढे नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है भारतीय आयर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महामारी विज्ञान और संचारी रोग विभाग के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगाखेडकर इस चर्चा में भाग लेंगे

इस मामले को सुलझाने के लिए एक टीम बनाया गया था इस पुलिस टीम ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सुशील पासवान और जमुई के सुनील कुमार दास को लूटी हुई मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया है पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइंकिल और हथियार भी बरामद किया है गिरफ्तार आरोपियों की तलाश गिरिडीह धनबाद और दुर्गापुर पष्चिम बंगाल पुलिस को कई मामलों में थी

पत्र सूचना कार्यालय पी आई बी ने इस नोटिस को फर्जी बताया है केंद्रीय माध्यिमक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षा की तिथियों की घोषणा सीटीईटी वेबसाइट पर की जाएगी पाकुड़ जिले के पचुवाड़ा नोर्थ कोल ब्लॉक में कोयला उत्खनन करने वाली पश्चिम बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की सड़क और रेल मार्ग से कोयला की दुलाई आज ठप हो गयी कोयला की द्वलाइ वन विभाग द्वारा बीते जुलाई में जारी अधिसूचना के मुताबिक ट्रांजिट परमिट नही लेने और वन विभाग को राजस्व का भुगतान नही किये जाने के कारण ठप हुई है वन विभाग द्वारा जारी नोटिस के बाद पश्चिम बंगाल पावर डेवलॉपमेंट कॉरपोरेषन लिमिटेड ने कोयला की ढुलाई बंद कर दिया है

महासप्तमी के दिन ही आज कई पंडालों के पट खुल गये महासप्तमी के अवसर पर आज रांची में मां कालरात्रि की पूजा शंख ध्वनि और ढाक वादन के बीच की गई कोरोना के कारण पंडालों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक के कारण रांची में इस बार पंडालों का आकार छोटा है अलबर्ट एक्का चौक स्थित श्री दुर्गाबाटी मंदिर परिसर में देवी दुर्गा की पूजा की जा रही है हरमू रोड स्थित सत्य अमर लोक के पूजा पंडाल के मुख्य द्वार को बंद रखा गया है एक छोटा गेट खुला है जिससे दो चार लोग ही एक बार में आ सकते हैं परिसर में प्रवेश स्थान पर ही ऑटोमेटिक हैंड सेनिटाइजर और इंट्री रजिस्टर रखा गया है बिना मास्क किसी भी व्यक्ति के पंडाल परिसर में प्रवेश की मनाही है पंडाल और प्रतिमा का आकार जारी गाइडलाइन के तहत है शहर के प्रमुख पूजा पंडालों में शामिल आरआर स्पोर्टिंग क्लब रातू रोड की ओर से इस बार पूजा पंडाल नहीं बनाया गया यहां का मंडप ही माता के दरबार के रूप में सजाया गया है और उसमें मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया गया उधर खूंटी जिले में आज मां दुर्गा के नेत्रदान का विशेष विधि विधान से अनुष्ठान किया गया चौधरी तालाब के पास से पंडित पुजारियों ने पूरे भक्ति और श्रद्धा के साथ मातारानी का नेत्रदान अनुष्ठान किया पूरे इलाके में साफ सफाई की गई है और भक्ति भाव के साथ माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की गयी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक मां की आराधना की पूरी तैयारी की गई है इधर हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गोड्डा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुर्गा पूजा सामाजिक दूरी के साथ मनायी जा रही है पंडालों में भीड़ नहीं है इस बार मेले भी नहीं लग रहे हैं आज सप्तमी पूजा के अवसर पर गोड्डा पथरगामा महागामा और मेहरमा के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं बच्चों ने बेल भरनी पूजा के उपरांत छहरा पूजा की और दूध लावा छींटकर देवी को आमंत्रित किया